नौ राज्यों की ईकहत्तर सीटों और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत कुलगांव जिले में आज वोट डाले गये महाराष्ट्र में सत्रह राजस्थान और उत्तरप्रदेश में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में आठ मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में छह छह बिहार में पांच और झारखंड में तीन सीटों पर मतदान हुआ अंतिम समाचार मिलने तक कुल मिलाकर उनसठ प्रतिशत मतदान होने की सूचना है ओडिशा में विधानसभा की बकाया इकतालीस सीटों के साथ साथ मध्यप्रदेश में छिदवाड़ा उत्तर प्रदेश में निघासन और पश्चिम बंगाल में कृष्णागंज विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी आज समंपन्न हो गये

पहले तीन चरणों मे लोकसभा के तीन सौ दो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जबकि अंतिम तीन चरणों में एक सौ अड़सठ सीटों पर मतदान होगा तामिलनाडू के वैल्लोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में धनबल के दुरुपयोग के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था इस बीच लोकसभा चुनाव के बाकी के तीन चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है विभिन्न दलों के नेता देश भर में चूनाव संभाएं कर रहे हैं आज लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है इस चरण में उन्नीस मई को सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और बृहस्पतिवार तक नाम वापिस लिए जा सकते है

पालिन निर्वाचन क्षेत्र के मतदान अधिकारी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि मतदान से एक दिन पहले जे डी यू के कार्यकर्ताओं द्वारा लूंबा से राक्सो की सड़क को बंद कर दिया गया था

इससे पहले कोलकता में आयोजित ईस्ट जोन सम्मान समारोह में उन्हें मिस इंडिया अरुणाचल दो हजार उन्नीस के खिताब से सम्मानित किया गया आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया

विश्व नृत्य दिवस हर साल उनतीस अप्रैल को मनाया जाता है इसका उद्देश्य नृत्य के प्रति लोगों को जागरुक करना और उनका ध्यान नृत्य कला की ओर आकर्षित करना भी है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में महान रिफॉर्मर जीन जार्ज नावेरे के जन्म दिवस की स्मृति में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थियेटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद ने उनतीस अप्रैल उन्नीस सौ बयासी को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रुप में मनाये जाने की घोषणा की थी अरुणाचल प्रदेश कि विभिन्न जनजातियां अपने विशिष्ट पारंपरिक नृत्य के कारण एक अलग पहचान रखती है राज्य के लोकनृत्य को देश के दूसरे राज्यों में भी बहुत पसंद किया जाता है

राजधानी क्षेत्र स्कूली शिक्षा विभाग के उप निदेशक के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी निजी कोचिंग संस्थानों से सी डी एस ई संबद्ध स्कूलों में छात्रों को प्रायोजित करने पर स्पष्टीकरण मांगा है इसी महिने तेईस अप्रैल को जारी अंतिम नॉटिस के तहत इन संभी संस्थानों से पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी क्षेत्र डी डी एस ई कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है

सोसायटी के सदस्यों के एक टीम ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर इस मामले के अपराधी को कानून के तहत सजा देने हेतु जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को एक पत्र सौंपा कुछ अन्य महिला संगठनों ने भी इस मामले के अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मंग की है

आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ईक्कीस दशमलव नो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार दशमलव दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई